याचिकाकर्ता ने कहा कि शातिपूर्ण समाधान के लिए इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यों के मध्यस्थता पैनल को दिया गया है लेकिन अब तक कोई प्रगति नही हुई हैं जीएस विशारद के अधिवक्ता पी एस नरसिम्हा ने प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि इस विवाद को अदालत के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने टिवटर अकाउंट पर जल संरक्षण का उल्लेख किया है वेटी व्र्म और शिक्षक शीर्षक से लिखे ब्लॉग में उन्होंने जल सरक्षण की सदियों पुरानी प्रक्रिया की चर्चा की है प्रधानमंत्री ने वक्षारोपण के बारे में उनका टवीट पसंद करने के लिए लोगों के प्रति आमार व्यक्त किया है उन्होंने इस पहल के प्रति लोगों की उत्सुकता का भी स्वागत किया है प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और बगवानी से जुड़ी उस परंपरागत तकनीक का जिक्र किया है इससे पौधे के लिए प्राकृतिक रूप से ड्रिप सिंचाई को बढावा मिलेगा प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से घर में बर्तन धोने के बाद बचे पानी से पौधों की सिंचाई करने का आग्रह किया है उन्होंने ब्लॉग के अंत में लोगों से पारिस्थितिकीय के संरक्षण के लिए इस तरह के अनूठे उपाय और प्रयोग साझा करने का अनुरोध किया है

इसे चरणबद्द तरीके से उपमोक्ताओं के लिए जारी किया जायेगा क्रेषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ ने इस महीने की दो तारीख तक लगभग तिरपन हजार मीट्रिक टन प्याज का भंडारण कर लिया है से अप के लिए कि क भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती पर इस वर्ष दो से इकतीस अक्तूबर तक हर संसदीय क्षेत्र में पदयात्रा का आयोजन करेगी संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद यह जानकारी दी प्रहलाद जोशी ने कहा कि हर निर्वाचन क्षेत्र में पन्द्रह से बीस दल बनाये जायेंगे जो प्रतिदिन पन्द्रह किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में पांच दिवसीय स्मार्ट इण्डिया हैकाथॅन कार्यक्रम का आयोजन किया गया

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और एमएसएमई कंपनियों की चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान खोजना है

कार्यक्रम के दौरान पूरे देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों से चयनित छात्र छात्राएं विभिन्न मंत्रालयों और एम एस एम ई कंपनियों द्वारा दी जाने वाली चुनौतीपूर्ण समस्याओं पर काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों पर देश भर के एक सौ अठहत्तर इंजीनियरिंग कॉलेजों से ढाई सौ टीमों के दो हजार प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं कानप्र के आईआईटी केन्द्र पर बारह टीमें भाग ले रही हैं जिसमें छानबे छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं कानपुर को तीन विषयों पर काम करना है जिसमें ड्रोन और रोबोटिक कचरा प्रबंधन और बायोमेडिकल शामिल हैं प्रदेश के अधिकांश भागों में मध्यम से लेकर भारी वर्षा की खबर है इससे जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलि है वहीं कृषि कार्यो में भी तेजी आ गयी है वर्षा होने के बाद किसानों ने अपने खेतों में धान की रोपाई शुरू कर दी है तराई और पूर्वांचल के जिलों में भारी बारिश हुयी है गोरखपुर सिद्वार्थनगर मऊ अयोध्या देवरिया कुशीनगर बस्ती संतकबीरनगर आजमगढ़ सहित सभी पूर्वी जिलों में कल शाम से ही वर्षा का क्रम जारी है उधर मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विमाग के अनुसार बारिश का यह सिलसिला अगले बहत्तर घंटों तक रूक रूक कर जारी रहेगा इस बीच प्रदेश में बारिश के कारण हुये हादसों में तीन बच्चों सहित तेरह लोगों की मौत होने की खबर है